मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना से लड़ने और बचने के लिए जिस संयम मर्यादा और अनुशासन का पालन किया गया उसी तरह कोरोना वैक्सीन के लिए अपनी बारी का करें इंतजार धार्मिक आस्था और श्रद्वा के साथ आज मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का पर्व प्रयागराज माघ मेले में पहला मुख्य स्नान आज लोगों से कोरोना प्रोटाकॉल का पालन करने की की गई अपील

योजना के पांच साल पूरे होने पर सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत कवरेज में वृद्धि किए जाने के साथ ही जोखिम को कम किया गया है जिससे देश के करोड़ों किसानों को फायदा मिला है

श्री तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पांच साल पूरे होने के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के हितधारकों के साथ बातचीत के दौरान यह बात कही राज्यों को ये चाहिए कि जो कंपनियां टेंडर में पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके साथ बैठकर हर किसान बीमा योजना के सम्पर्क में आरे उसकी तरफ आकर्षित होते

उसे होनी चाहिए कि फसल बीमा योजना के प्राति हर व्यक्ति जागरूक रहें कृषि मंत्री ने कहा कि यह योजना प्राकृतिक जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान के खिलाफ पूर्ण फसल चक्र को कवर करती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये किसानों के लिए प्रतिकूल प्रत्येक परिस्थातियों में एक बढ़ा सुरखा कवच है जिसका ताम देशभर में किसानों को मिल रहा है क्रॉप इंस्वोरेंस ऐप के माध्यम से यह सुक्षिा किसानों को प्रदान की गई हैं कि वो अपनी स्थिति को कमी भी देख सकें जांच सकें किसानों के भुगतान ठीक समय पर हो सकें राज्यों का केन्द्र का काम कम हो सकें और ईमानदारी से पूरे पारदर्शी ढंग से उनके नुकसान का मूल्यांकन किया जा सकें इसके लिए सैटेलाइट का उपयोग भी करना प्रारंभ किया है उसके भी एक अच्छे परिणाम आज हम सब लोगों के सामने आ रहे है

उन्होंने बताया कि हर वर्ष लगभग साढ़े पांच करोड़ नए किसान फसल बीमा के लिए अपना पंजीकरण करा रहे हैं कृषि मंत्री ने देशभर में योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों बैंकों और बीमा कंपनियों को भी बधाई दी

राज्यपाल कल अलीगढ़ में स्वयं सहायता समूहों और हस्तशिल्य उत्पाद प्रदर्शनी के उद्घाटन अक्सर पर बोल रही थीं उन्होंने कहा नये कृषि कानून कृषि और किसान के हित में हैं इससे किसानों को आगे बढ़ने नये प्रयोग करने और अपनी जमीन का अधिकतम सदुपयोग करने का मौका मिलेगा उन्होंने कहा कि यह समय सामाजिक बदलाव लाने का है हमें समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए और इसमें युवा वर्ग अपना विशिष्ट योगदान दे सकता है उन्होंने कहा कि बाल विवाह रोकना हर व्यक्ति का कर्तव्य है राज्यपाल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ के बारे में लोगों को जानकारी दी जाये जिससे वे इस योजना का लाभ उठा सकें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के रामगढ़ ताल में सी प्लेन उतारने की घोषणा करते हुए कहा है कि जल्द ही इस संबंध में प्रक्रिया श्रू कर दी जाएगी इस प्लेन की विशेषता यह होगी कि यह एयरपोर्ट के साथ ही पानी में भी उतर सकेगा

मुख्यमंत्री ने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि कोरोना से लड़ने और बचने के लिए जिस संयम मर्यादा और अनुशासन का पालन किया गया उसी तरह का धैर्य रखते हुए कोरोना वैक्सीन के लिए अपनी बारी का इंतजार करें

मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि गोरखप्र में रेडीमेड गारमेंट का हब बनने की पूरी क्षमता है इसके लिए प्रदेश सरकार पूरी कोशिश कर रही है उन्होंने कहा कि खाद व अन्य लोकल प्रोडक्ट स्वदेशी के जरिये आत्मनिर्मरता का माध्यम बनने में सक्षम हैं मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चिड़ियाघर को प्रदेश का सबसे खूबसूरत चिड़ियाघर बनाने के साथ ही तारामंडल क्षेत्र में इसी वर्ष एक विशाल आडिटोरियम की सौगात देने की भी घोषणा की

समारोह के दौरान ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ ताल के तट पर प्रदेश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का वर्चुअल लोकार्पण भी किया इसकी ऊंचाई दो सौ छियालिस फीट है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने प्रदेश सरकार के कार्यकाल की चार वर्ष की उपलब्धियों का विवरण देते हए कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में काफी विकास हुआ है उन्होंने कहा कि सरकार ने काफी कम समय में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया है कल लखनऊ में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कई नये विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई शोध कार्यो को प्रोत्साहित किया गया नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना करते हुए इसमें प्रवक्ताओं की तैनाती की गई उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा शिक्षा की गृणवत्ता में सुधार हुआ है उप मुख्यमंत्री ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालयों राजकीय महाविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के संचालन संबंधी कार्यो में काफी पारदर्शिता आई है एनओसी देने तथा संबंद्वता के कार्य को ऑनलाइन किया गया तीर्थराज प्रयाग में आज माघ मेले के दौरान मकर संक्रांति के अवसर पर पहला स्नान ब्रम्हमुहूर्त से शुरू हो गया है इस अवसर पर लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करने के लिए कहा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां होने वाली भारी भीड़ और प्रवासी पक्षियों के जमा होने को देखते हुए बर्ड पलू के मद्देनजर इस बात की हिदायत दी है कि श्रद्वालुओं को जागरूक किया जाए कि ये पक्षियों की बीमारी के चलते प्रवासी पक्षियों को दाना इत्यादि न खिलाएं यहां कल्पवास के लिए आने वाले श्रद्वालुओं से कोरोना निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट साथ लाने का निर्देश पहले ही जारी कर दिया गया था एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की मकर संक्रांति के अवसर पर सुबह से ही साधु संतों के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु राज्य की पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं गंगा यमुना और अदृश्य सरस्ती के पवित्र संगम पर प्रयागराज में लगमग डेढ़ महीने तक चलने वाले माप मेले का ये पहला बढ़ा स्नान माना जाता है माघ मेला प्रदेश में पहला ऐसा बड़ा आयोजन है जो करुणा के संक्रमण के शुरू होने के बाद किया जा रहा है पहली बार प्रशासन ने माघ मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं और कल वासियों की सूची तैयार की है और किसी को भी बिना कोरोना की निगेटिव जांच रिपोर्ट के माघ मेला में आने की अनुयाति नहीं दी गई मेला बेत्र में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का परीक्षण किया जा रहा है बर्ड फ्लू के खतरे के बीचमाघ मेला प्रशासन लगातार श्रद्धालुओं को इस बात के लिए सतर्क कर रहा है कि वह पक्षियाँ को दाना न खिलाएं जो इस मौसम में संगम तट पर दूसरे देगों से आते है सुशील चन्द्र तिवारीआकाशवाणीसमाचार लखनऊ आज मकर संकांति और खिचड़ी के अवसर पर राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को हार्दिक श्भकामनाएं दी हैं आज से गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में लगने वाला प्रसिद्व खिचड़ी मेला शुरू हो गया ब्रम्हमुहूर्ति से ही श्रद्वालु बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी अर्पण कर रहे हैं